प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ये पुरस्कार यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में निरंतर परितर्वन होता रहे इस मौके पर उन्होंने बिलासपुर जिले की राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंद व सिरमौर जिले की माध्यमिक पाठशाला धमून को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया

इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित करने के अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी बैठकों में राष्ट्रीय संगठन सचिव रामलाल कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपीनड्डा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे शिमला फेस्ट शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कल से शुरू होने वाले शिमला फेस्ट का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देववत करेंगे उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम सांय साढ़े चार बजे से शुरू होकर रात दस बजे तक चलेगा

समिति हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय में प्राक्कलन समिति की दो दिवसीय बैठक कल समापति रमेश चन्द ध्वाला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचारपत्रों ने इस मानसून के दौरान वर्षा से हुए नुक्सान को अपनी प्रमुख खबर बनाया है

अमर उजाला के शब्द हैं बरसात से पीडब्ल्यूडी को ज्यादा नुक्सान

अमर उजाला की एक खबर है सरकारी बस में मौत पर सभी को बराबर मुआवजा देगी सरकार पंजाब केसरी ने उच्च न्यायालय के हवाले से खबर को प्रमुखता दी है जेलों का निरीक्षण कर चार सप्ताह के भीतर सौंपे रिपोर्ट दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल में जीएसटी न भरने वाले ठेकेदारों पर कसा शिकंजा दो हजार ठेकेदारों को नोटिस

हिमाचल में सस्ते होंगे पैट्रोल डीजल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है एक फीसदी वैट घटाएगी जयराम सरकार विमाग से मांगा प्रस्ताव कोटखाई वन भूमि अतिक्रमण मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है हाईकोर्ट की गठित एसआईटी के सदस्य पटवारी की संदिग्ध मौत

आपका फैसला ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखा है राज्य के निजी विश्वविद्यालय भी अपनाए शून्य लागत खेती

हिमाचल को स्वच्छता में पुरस्कार शीर्षक से अमर उजाला व अजीत समाचार लिखता है बिलासपुर की प्राथमिक पाठशाला नंद और सिरमौर की माध्यमिक पाठशाला धमून को मिला राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय हिमाचल में रोग में लिखता है प्रदेश में डेंगू के बाद स्कब टाइफस के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे है स्वास्थ्य विभाग अब तक डेंगू में नियंत्रण पाने में सफल नहीं हो पाया है